एक हजार चार सौ नवासी रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गई है

भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद ने बताया कि अब तक दो लाख नब्बे हजार से अधिक नमुनों की जांच की गई है

खंडवा जिला कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने बताया कि इन सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सम्पर्क में आए लोगों की जानकारी संकलित की जा रही है

बालाघाट में कलेक्टर ने जिले के सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे साधारण सर्दी खांसी एवं ब्खार के मरीजों को उपचार के लिए गोंदिया के अस्पताल में रेफर न करें

इस कार्रवाई पर प्लिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी सहित समस्त लोगों को प्रस्कृत किया है

रायसेन जिले में कलेक्टर ने नरवाई से मशीनों के दवारा भ्रसा बनाए जाने तथा अनावश्यक भूसे का रेर लगाने पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या की जानकारी लेकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगरपालिका क्षेत्र पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज किया जा रहा है इस कार्य मे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ फायरब्रिगेड के वाहनो उपयोग किया जा रहा है

श्री गांधी ने नईदिल्ली में वीडियो कांफ्रेसिंग से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लॉक डाउन के दौरान सरकार को इस महामारी से निपटने की तैयारी करनी है लॉकडाउन कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा लेकिन कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है और इसको व्यापक रूप से बढ़ाने तथा इस दिशा में रणनीतिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है श्री गांधी ने कहा कि मेरी बात को आलोचना नहीं बल्कि रचनात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए और सबको मिलकर कोरोना को हराने के लिए काम करना है

उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तार से बताएं

सरकार उर्वरक रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता स्निश्चित करने के लिए उत्पादन और आपूर्ति पर वह करीबी नजर रखे हए है केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं

नागर विमानन सभी विमानन कंपनियां लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ब्क की गई टिकटों को रदद कराए जाने पर यात्रियों को प्रा पैसा रिफंड करेंगी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बारे में सभी एयरलाइन कंपनियों को एक परामर्श जारी किया है

खण्डवा जिले में किसानों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी से एक ओर किसानों को गेंह् बेचने में छूट देकर सरकार ने किसान हित में स्वागत योग्य फैसला किया है